मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

किसान मंडियों के बाहर भी ज्यादा लाभ पर अपनी उपज बेच सकते हैं एक टवीट संदेश में उन्होने कहा है कि नये कानुन न्यनतम समर्थन मुल्य को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं उन्होने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थेन मूल्य जारी रखा जायेगा

किसान हित में पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है

आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि डॉ अम्बेडकर का पूरा जीवन ही प्रेरणा देने वाला है गरीबों दलितों और समाज के पिछडे वर्गो के उत्थान के लिये किये गये बाबा साहेब के काम को हमेशा याद किया जाता रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉ अम्बेडकर को श्रद्वांजलि देते हुये कहा कि उन्होने पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों के रूप में समर्पित किया सवाई माधोपूर और टोंक में भी विभिन्न संगठनों द्वारा डॉ अम्बेडकर को प्रष्पांजलि अर्पित की गई ब्रंदी में इस अवसर पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया और किकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई

इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरूद्व संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है

अब तक इक्यानवे लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं

नये मामलों के मकाबले संकमण से ठीक होने वालों की संख्या में आज भी बढोतरी दर्ज की गई है वहीं दो हजार आठ सौ अठारह लोग संकमण मुक्त हये

आज सामने आये नये मामलों में राजधानी जयपुर में चार सौ इक्यासी लोगों में संकमण की पुष्टि हई है

फाइजर इंडिया ऐसी पहली कंपनी है जिसने इस वैक्सीन की भारत में बिक्री के लिए आयात करने का औषधि महानियंत्रक को आवेदन दिया है ब्रिटेन और बहरीन में फाइजर कंपनी को यह अनुमति पहले ही मिल चुकी है देश में इस समय पांच तरह की वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफॉर्ड एस्ट्राजैनेका की वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कर रही है भारत बायोर्टक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा मिलकर स्वदेश में विकसित वैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है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

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की भागवार प्रारूप मतदाता सूची विभाग की वेबसाइट पर आमजन के लिए उपलब्ध है

अगले साल जनवरी महीने में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा ने बूंदी जिले में मतदान केन्द्रों का दौरा कर मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रकिया का निरीक्षण किया

उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला ये दूध केई बीमारियों के इलाज में सहायक साबित हो रहा है

कम तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोप से यह बढोतरी हुई है हालांकि सुबह और शाम ठंड का असर बना हुआ है हनुमानगढ और श्रीगंगानगर सहित राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाया रहा हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि हल्की सर्दी के इस असर से किसानों की पैदावार को फायदा पहुंचेगा

सिडनी में खेले गये इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया

जिले के भादरिया गांव में पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज से स्कैप में से बम उठाकर लाने के बाद उसमें अचानक हुये विस्फोट से एक बच्चे की मौत हो गई और एक अन्य बालक गंभीर रूप से घायल हो गया

इस मौके पर जैसलमेर में आयोजित किये गये एक खास कार्यक्रम में गृह मंत्रालय का संदेश पढा गया